मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा

आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर गांधीजी के उस कथन के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को आगे बढ़ने से रोकता है

ये बात उन्होंने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही

उन्होंने उद्घाटन समारोह और प्रधानमंत्री के अभिभाषण को देखने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आग्रह किया

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से प्रदेश में रोजगार व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिलेगा साथ ही देश को सामरिक रूप से मजबूती मिलेगी

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक बैठक में आजीविका योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दोनों ही योजनाएं रोजगार से संबंधित हैं

बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से मुलाकात की उन्होंने संसद में सेब के मुददे को उठाने के लिए सुरेश कश्यप का धन्यवाद किया बरागटा ने शिमला ज़िला में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हवाई अड्डे के विस्तार का मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह भी किया

बधाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्म दिवस पर राज्य सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने राष्ट्रपति से दूरभाष पर बात करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य निरामय जीवन और दीर्घायु की कामना की है राज्यपाल ने कहा कि देशहित में राष्ट्रपति की तेजस्वी सोच और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना अतुल्य है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में देशवासियों के कल्याण के प्रति राष्ट्रपति के समर्पण को अनुकरणीय बताते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों को लोगों की छोटी छोटी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं ऊना ज़िला के अंब में आज एक बैठक में उन्होंने विद्युत और जल शक्ति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के लिए समय पर ट्रांसफार्मर लगाए जाएं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रौशनी योजना के तहत अधिक से अधिक गरीब लोगों को बिजली के कनैक्शन प्रदान किए जाएं इस अवसर पर विधायक बलवीर चौधरी और राजेश ठाकुर भी उपस्थित रहे

हिमऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपाली ठाकुर ने बताया कि इन संयंत्रों की मरम्मत और रख रखाव के लिए स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित किया जाएगा

हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग पहले एस ओपी तैयार करेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके मुताबिक प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट पहले की तरह जारी रहेगी और हिमाचल में प्रवेश करने वालों को किसी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी व मास्क पहनने पर अधिक जोर दिया गया है इसके अलावा बिना मास्क पहने लोगों को सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों व टैक्सियों में बिठाने की अनुमति नहीं होगी

टनल सुविधा लाहौल स्पिति ज़िला के लोग अटल टनल रोहतांग के बनने से बेहद उत्साहित हैं स्थानीय लोगों के अनुसार इसके बनने से पहले लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था